उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित दो दिन के अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कानून सर्वोच्च है और देशवासियों का न्यायपालिका में अटूट विश्वास है प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने ऐसे करीब एक हजार पांच सौ पुराने कानूनों को समाप्त किया है जिनकी आज के दौर में प्रासंगिकता समाप्त हो रही है उन्होंने कहा कि सरकार समाज को मजबूती देने वाले नए कानून भी तेजी से बना रही है श्री मोदी ने पर्यावरण संबंधी विधिशास्त्र को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए कहा कि न्यायपालिका ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाये रखा है उन्होंने कहा कि एक समय था जब ऐसा कहा जाता था कि तेजी से विकास और पर्यावरण की सुरक्षा एक साथ नहीं हो सकती लेकिन भारत ने इस परिप्रेक्ष्य को बदल दिया है प्रधानमंत्री ने अयोध्या भूमि विवाद पर उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि फैसला आने से पहले बातचीत के कई दौर चले लेकिन लोगों ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को दिल से स्वीकार किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जी ओ वी डॉट इन पर भी लिख सकते हैं वे एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल के जरिए भी सुझाव दे सकते हैं अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मिलानिया ट्रंप के साथ भारत की दो दिन की यात्रा पर सोमवार को अहमदाबाद पहुंचेंगे वहां उनके भव्य स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक साथ रोड शो में भाग लेंगे और मोटेरा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे अमरीकी राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान अहमदाबाद और नई दिल्ली के अलावा आगरा में ताजमहल देखने भी जाएंगे इसके लिए आगरा में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शहर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया इस बीच आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ सोमवार को आगरा के ताजमहल दौरे पर साथ जाने की संभावना नहीं है इस दौरान कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने प्रदेश के सोनभद्र में तीन हजार टन से अधिक सोने के भंडार का पता लगाया है जिला खनन अधिकारी केके राय ने बताया कि सोने का यह भंडार सोन पहाड़ी और हरदी क्षेत्रों में मिला है विभागीय अधिकारियों के अनुसार खानों के ब्लॉकों की जल्द ही ई टेंडरिंग शुरू की जाएगी इस क्षेत्र में सोने की खानों के अलावा अन्य खनिज भी पाए गए हैं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि राज्य में यूपी बोर्ड की कक्षा दस और बारह की परीक्षाएं शान्तिपूर्ण और पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न करायी जा रही हैं उन्होंने कहा कि सरकार नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए कृतसंकल्पित है और इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है शिक्षा मंत्री श्री शर्मा आज हरदोई में बोर्ड परीक्षा के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे इस दौरान उन्होंने जनपद के कई विद्यालयों में जाकर सीसीटीवी प्रणाली का भी जायजा लिया थाईलैंड की राजकुमारी चुलाबोर्न क्रोम अपनी तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा पर कल कुशीनगर पहुंची थाईलैंड के राजदूत के साथ थाई मॉनेस्ट्री में उनका थाई और भारतीय परम्परा के अनुसार स्वागत किया गया राजकूमारी ने आज सुबह महापरिनिर्वाण मंदिर में बौद्व भिक्षुओं के साथ धम्म पाठ के बीच विशेष पूजा अर्चना की उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर चीवर चढ़ाकर विश्व शांति की कामना भी की राजकुमारी ने थाई मॉनेस्ट्री द्वारा संचालित थाई क्लीनिक का निरीक्षण किया और बाद में मंदिर परिसर में आयोजित विविध कार्यक्रमों में भी भाग लिया आज विश्व स्काउट दिवस है इस अवसर पर आजमगढ़ में स्काउट गाइड कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा कि स्काउट गाइड का उद्देश्य बच्चों में अच्छे संस्कारों का निर्माण करना है जिससे वे आगे चलकर अच्छे नागरिक बनें